रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में नई दिल्ली में हुई रक्षा खरीद परिषद की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई इन इंजनों से टैंको की क्षमता बढ़ेगी उच्चतम न्यायालय आज तीन महत्वपूर्ण मामलों में फैसला सुनायेगा इनमें आधार की संवैधानिक वैधता सरकारी नौकरियों में पदौन्नति में आरक्षण और उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय की कार्यवाही के सीधे प्रसारण की मांग वाली याचिकाएं शामिल है शीर्ष न्यायालय ने अपने पूर्व न्यायाधीश अमिताव रॉय की अध्यक्षता में तीन सदस्यों की एक समिति बनाई है जो देश में जेल सुधारों के विभिन्न पहलुओं पर विचार करेगी और इस संबंध में उपायों के सुझाव देगी यह समिति महिला कैदियों से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर भी विचार करेगी

कार्यक्रम में मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और केंद्रीय आवास तथा शहरी मामलात मंत्री हरदीप सिंह पुरी भी मौजूद रहेंगे श्री नायडू आज होम्योपैथी विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में भी मुख्य अतिथि होंगे भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह आज एक दिवसीय दौरे पर जयपुर आ रहे हैं श्री शाह जयपुर के पास धानक्या गांव में राजस्थान धरोहर संरक्षण तथा प्रोन्नति प्राधिकरण द्वारा बनाए गए पंडित दीनदयाल स्मारक का उद्घाटन करेंगे वे धानक्या में ही बूथ कार्यकर्ता सम्मेलन को सम्बोधित करेंगे इन कार्यक्रमों में मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और केन्द्रीय सूचना और प्रसारण तथा युवा मामले और खेल राज्य मंत्री कर्नल राज्यवर्द्वन राठौड़ भी उपस्थित रहेंगे दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना से झालावाड़ जिले में युवाओं को जहां एक ओर रोजगार के नये अवसर मिले हैं वहीं भविष्य को लेकर भी उनमें नयी रोशनी जगी है

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी इस रविवार को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे श्री मोदी ने एक ट्वीट संदेश में लोगों से नरेन्द्र मोदी ऐप और माई जी ओ वी ओपन फोरम पर अपने विचार और सुझाव देने का आग्रह किया

केन्द्रीय खेल राज्य मंत्री राज्यवर्द्वन सिंह राठौड ने प्रसिद्ध कमेंटेटर और पद्म भूषण से सम्मानित जसदेव सिंह के निधन पर शोक व्यक्त किया है उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि उनके निधन से एक युग का अंत हो गया है मुख्यमंत्री वसुन्धरा राजे और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी जसदेव सिंह के निधन पर गहरा द्ख व्यक्त किया है श्रीमती राजे ने अपने संवेदना संदेश में कहा कि श्री सिंह ने कई दशकों तक रेडियो कमेंटेटर के रूप में अपनी आवाज का जादू बिखेरा अपनी जादूई आवाज से वह श्रोताओं का दिल जीत लेते थे